इस अवसर पर प्रधानमंत्री पंचायतों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का शुभारंभ भी करेगे प्रधानमंत्री के सम्बोधन का देश की लगभग ढाई लाख पंचायतों में सीधा प्रसारण किया जायेगा पंचायतीराज तोमर इससे पूर्व आज जबलपुर में पंचायत की चौपाल में चर्चा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है कार्यशाला का शभारंभ केन्द्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद हैं सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं हमार्री संवाददाता ने बताया कि कार्यशाला में पंचायतों में आर्थिक विकास सामाजिक और सतत विकास युवा पंचायत तथा डिजिटल पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन और स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा की जायेगी

इसके तहत दो साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण किये जाने का लक्ष्य है

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप या माई जीओवी के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं संदेश टोल फ्री नम्बर हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रेन जिले के मैहर स्टेशन के पास आज रीवा जबलपुर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लगने की सुचना के बाद अफरा तफरी मच गयी रेलवे सूत्रों ने बताया कि ट्रेन के पीछे के एक दो डिब्बों से धुआ निकलने की सूचना के बाद ट्रेन को रोक दिया गया इसके साथ ही यात्री अपनी अपनी बोगियों से नीचे उतर आए फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है शुरुआती पड़ताल के बाद बोगी के ब्रेक में घर्षण की वजह से ध्रां निकलने की सूचना प्राप्त हुयी है

दल ने जिला मुख्यालय स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की कृषि शाखा को सील करने के बाद शाखा प्रंबधक बसंत पटेल के घर छापो मारकर छानबीन की जा रही है बताया गया है कि शाखा प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है

घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है सभी यात्री बस में सवार थे

मौसम प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान राज्य का मौसम शृष्क रहा

हमारे ब्रहानपुर संवाददाता ने बताया है कि जिले में तेज गर्मी के चलते किसानों की फसल प्रभावित हो रही है

वहीं शिवपूरी में तेज गर्मी के चलते पेयजल संकट गहरा गया है सिवनी में भी गर्मी पूरे शबाब पर है यहां तापमान चालीस डिग्री से ऊपर पहुंचने से आम जन परेशान हैं लू से प्रभावित मरीजों की संख्या अस्पतालों में देखी जा रही है

अशोकनगर जिले में स्पर्श अभियान के तहत विकलांग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा